श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किये जा रहे सात शहरों भोपाल इंदौर जबलपुर ग्वालियर उज्जैन सागर और सतना में भी स्वर्गीय अटलजी के नाम पर विश्व स्तरीय पुस्तकालय स्थापित किये जाएगें इन्हें युवाओं के लिए कोचिग शोध और सामाजिक चिंतन के केन्द्र के रूप में विकसित किया जाएगा कम्प्युटीकरण प्रदेश में जनजातीय कार्य विभाग द्वारा हितग्राहियों के प्रोफाइल पंजीयन के लिए ऐप लांच किया गया है इस ऐप के उपयोग से अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोग विभागीय योजनाओं का लाभ सरलता से प्राप्त करने के लिए अपने मोबाइल फोन के माध्यम से अपना प्रोफाइल पंजीयन करा सकते है जनजातीय छात्र छात्राओं को राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं जेईई नीट एम्स और क्लेट में प्रवेश लेकर कोचिग प्राप्त करने के लिए संचालित आकांक्षा योजना का लाभ लेने के लिए पात्र विद्यार्थी आनलाइन आवेदन कर सकते है यह प्रकिया कल से आनलाइन प्रारंभ हो गयी है काल सेन्टर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को अधिक से अधिक सुविधाएं मुहैया करवाने के लिये काल सेन्टरों को अपग्रेड करने के निर्देश दिये गये है इसके लिए काल सेन्टरों में कार्यरत कार्मिकों की संख्या और संसाधन बढ़ाने के लिए कहा गया है ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव आईसीपी केशरी ने कल जबलपुर में बिजली कंपनियों के कार्यों की समीक्षा बैठक में कहा कि उपभोक्ता शिविरों में सरल बिजली स्कीम के लिए अलग से विशेष काउंटर लगाये जाए

मौसम विभाग के अनुसार इंदौर और उज्जैन होशंगाबाद भोपाल और जबलपुर संभाग में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती है वहीं सागर रीवा शहडोल ग्वालियर और चंबल संभाग में भी कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है

वहीं पिछले कई दिन से राजधानी भोपाल में बादल छाए रहने पर बारिश नहीं होने के कारण वातावरण में उमस बनी हुई है मौसम विभाग के अनुसार राजधानीवासियों को जल्द उमस से राहत मिलने की उम्मीद है